वीडियो कांफ्रेंस के जरिये होने वाले इस कार्यक्रम को ई आईसीयू नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरो के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देशभर के अस्पतालों और कोविड केन्द्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के चिकित्सिक एम्स के विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और उनसे परामर्श ले सकेंगे

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना की जांच में वृद्धि होने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है

इंदौर जिले में भी एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं

जबकि दो मरीजों की मृत्यु हो गयी है

वहीं भगवान महाकाल की तीसरी सवारी आज शाम महाकाल मंदिर से परिवर्तित मार्ग से निकाली जायेगी

प्रदेश में इस मौके पर पूजा अर्चना के साथ पौधा रोपण भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों को हरियाली अमावस्या की शुभकामना देते हुए कहा है कि आज के दिन पौधा लगाइये

आगरमालवा जिले में युवतियों ने अच्छे वर की कामना घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर गेहूं से उगाए गये जवारों का नदी में विसर्जन किया साथ ही वटवृक्ष की पूजा और सुत के धागे से वटवृक्ष की परिक्रमा भी की जा रही है राज्य के अन्य जिलों से भी हरियाली अमावस्या मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं प्रत्यक्ष कर अभियान आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन कराने का एक ई अभियान आज से शुरू कर रहा है

इस अभियान का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को कर तथा वित्तीय लेनदेन संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े ई अभियान करदाताओं के फायदे के लिए संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत आयकर विभाग करदाताओं के वित्तीय लेन देन संबंधी विवरण स्रोत पर आयकर की कटौती स्रोत पर कर वसूली और विदेशी प्रेषण जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चुने हुए करदाताओं को ई मेल और एसएम एस से सूचित करेगा जमीन विवाद ग्ना जिले के ग्राम डोबरा और भीलखेड़ा गांव के पास वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जिसमें एक दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है